इस अतिरिक्त भूमि को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हवाई अड्डों के निर्माण व विस्तार से प्रदेश में पयर्टन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा विक्रम ठाकुर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि ई परिवहन प्रणाली से उपभोक्ताओं को ऑनलाईन सेवाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे धर्मशाला में आज परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ई परिवहन के तहत लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि ई परिवहन प्रणाली से डुप्लीकेट आरसी वाहन पंजीकरण नवीनीकरण स्वामित्व हस्तांतरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी विक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने के निर्देश दिए

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक कदम उठा रही है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य उपायों का पालन करने का आग्रह किया है मनाली से आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों और महिला मंडल प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करके ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस समय महिलाओं को रोल मॉडल बनने की जरूरत है ताकि सभी लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा सके

इसमें बैडमिंटन टैनिस वॉलीबॉल बास्केट बॉल कुश्ती और जिमनास्टिक जैसी खेलों का आयोजन होगा

राज्यपाल पत्रकार भारतीय पत्रकार कल्याण मंच ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से हिमाचल के पत्रकारों को मासिक पैंशन देने की मांग की है संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री की अध्यक्षता में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने आज शिमला में राज्यपाल से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा शिमला प्रैस क्लब के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज हेडली सहित कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस अवसर पर मौजूद रहे

राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत करने का भरोसा दिलाया वाल्मिकी जयंती कल महार्षी वाल्मिकी जयंती है राज्यपल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों विशेष रूप से वाल्मिकी समुदाय के लोगों को बधाई दी है

इस अधिसूचना में नई पैंशन योजना के कर्मचारी की मौत पर परिवार को पैंशन देने का प्रावधान है वन मंत्री ने आगामी कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दिलाया